केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवायें पहुंचाने के लिये बुनियादी ढांचे का होना जरूरी है इसके बिना सबके लिये बेहतर स्वास्थ्य की कल्पना नहीं की जा सकती

वहीं कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सभी आंगन्तुकों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भी समारोह को संबोधित किया कोरोना वायरस केद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को चार लाख रुपए देने की घोषणा की है कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों के इलाज के लिये केंद्र सरकार राज्यों को मदद देगी केंद्र सरकार ने अगले एक सौ दिन तक फेसमास्क और हैण्ड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया है इसका उद्देश्य इन वस्तुओं की आपूर्ति बढाना और जमाखोरी रोकना है कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के उपायों के तहत यह निर्णय लिया गया है केन्द्र ने सर्जिकल मास्क हैण्ड सैनिटाइजर और दस्ताने की उपलब्धता और कीमतों पर नियमन के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू कर दिया है

इससे राज्यों को इनके उत्पादन वितरण और कीमतों पर नियमन तथा इनकी जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने में मदद मिलेगी सतर्कता कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मददेनजर नेपाल से लगी सीमा में सतर्कता और बढ़ा दी गई है चम्पावत जिले के राज्य पारगमन केंद्र बनबसा में नेपाल को छोड़कर बाकी देशों के नागरिकों के लिए सीमा को प्रतिबंधित कर दिया गया है कोराना वायरस के मद्देनजर नेपाल सीमा से लगी चौंतीस ग्रामसभाओं में लोगों को जागरूक करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और आशाओं की सेवाएं ली जा रही है साथ ही पूर्णागिरी मेले में आने वाले सभी श्रद्वालुओं की स्क्रीनिंग की जा रही है

जिलाधिकारी सुरेन्द्र नारायण पांडेय ने बताया कि कोरोना वायरस के संबंध में पूरे जिले में बैनरो पोस्टरों के माध्य्म से प्रचार प्रसार करने के साथ ही जागरूकता कैम्पो का आयोजन किया जा रहा है मुख्य चिकित्साधिकारी आर पी खंडूरी ने बताया पूर्णागिरी मेले के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लगातार सावधानियां बरती जा रही हैं उन्होंने बताया कि मेले में लाखों की संख्या में श्रद्वालु आते हैं जिसे देखते हुए मेला क्षेत्र में चार चिकित्सा कैम्प खोले गए है

मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर जानकारी दी कि कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी बनने के कारण राज्य की सभी विधानसभा क्षेत्रों में तय आयोजनों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है इस बीच कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हये टिहरी झील महोत्सव रद्द कर दिया गया है

फूलदेई पर्व उत्तराखंड का लोकपर्व फूलदेई आज प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया आज सुबह से ही बच्चे हाथों में रिंगाल की टोकरी में फ्योंली और लाल बुरांस के फूल लेकर घर घर पहंचे और देहलियों पर फूल डाल कर लोकगीत गाए फूलदेई पर्व वसंत आगमन पर मनाया जाता है देहरादून में आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बच्चों के साथ फूलदेई का त्यौहार मनाया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति संरक्षण हमारी संस्कृति में है उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि आज भी बच्चों में अपनी संस्कृति और परम्पराओं से लगाव बना हुआ है मुख्यमंत्री ने बच्चों को उपहार भेंट किए और पौधारोपण भी किया

इसके लिये जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है

मौसम विभाग के अनुसार कल राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ बना रहेगा हालांकि विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी और ऊंचाई वाले हिस्सों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी होने की संभावना भी जताई है मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में भी मौसम साफ बना रहेगा इस बीच राज्य में आज मौसम का मिला जुला असर देखने को मिला सुबह के समय प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश हुई इस दौरान कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई